इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखेगी श्री गहलोत ने कर्जमाफी के लाभार्थी किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से संवाद भी किया

इसके अलावा खरीफ और रबी में खाद बीज की कमी नहीं आने दी जाएगी श्री गहलोत ने कहा कि अब ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिसमें ऋण वितरण और कर्ज माफी में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को इसका लाभ मिले

इस मौके पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां सहकारी क्षेत्र में ऑनलाइन फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है

षिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि षिक्षा के अधिकार के नियमानुसार प्राथमिक विद्यालय एक किलोमीटर के परिधी क्षेत्र में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय दो किलोर्मोटर के परिधि क्षेत्र में होने चाहिए उन्होंने बताया कि नियमों में छात्रसंख्या का कोई उल्लेख नहीं है

इन सुझावों की जिला कलेक्टर के स्तर पर गठित समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी उन्होंने बताया कि जो विद्यालय नियमों को पूरा करते हैं उन्हें दुबारा शुरू किया जायेगा

शून्यकाल में भाजपा के मदन दिलावर ने यह मामला उठाते हुए कहा कि एक सार्वजनिक पार्क में संघ की शाखा लगा रहे कार्यकर्ताओं पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया लेकिन हमलावरों पर कार्रवाई नहीं हो रही

श्री धारीवाल जब जवाब के लिए खड़े हए तो प्रतिपक्ष के सदस्यों ने एतराज करते हुए कहा कि इसका जवाब गृहमंत्री को देना चाहिए श्री धारीवाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मामले में पांच लोर्गो के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराया गया है जिनमें दो को गिरफ़्तार कर लिया गया तथा तीन की तलाश की जा रही है

शून्यकाल में भाजपा के कालीचरण सर्राफ ने यह मामला उठाते हुए कहा कि सवर्ण जाति के कमजोर वर्गे के परिवार को आरक्षण का लाभ देने के लिए आठ लाख रूपए तक की सालाना आय का नियम रखा गया है जो व्यवहारिक नहीं है

इस पर संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नियमों में शिथिलता दी गई तो उसका लाभ धनी लोगों उठा लेंगे और गरीब वंचित रह जाएंगे

श्री भाटी आज विधानसभा में विधायकों द्वारा पूछे पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे

आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए प्रक प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में मामलों के अधिक समय तक लम्बित रहने से विभाग चिंतित है ये मामले किस प्रकार तेजी से निपटाये जाएं इस बारे में कार्यवाही की जाएगी

यह दिन जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए मनाया जाता है इस मौके पर आज प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए

कार्यक्रम में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले एनजीओ सदस्य और एएनएम को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया इसके अलावा उल्लेखनीय काम करने वाली ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कृत किया गया नागौर जिले में आज से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरुआत की गई नागौर में चिकित्सालय के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रैली निकाली गई नागौर में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों निजी और सरकारी चिकित्सा संस्थानों को उत्कृष्ट कार्यो के लिए समारोह में सम्मानित किया गया

सवाई माधोपुर में ईएसआई अस्पताल से जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया

डूंगरपुर में आज प्रत्येक पंचायत समिति में एक एक ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया

हमारे संवाददाता ने बताया कि कुम्हेर क्षेत्र में सुबह एक अनियंत्रित कार ने सड़क के किनारे योग कर रहे छह लोगों को कुचल दिया हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए जिन्हें जयपुर रैफर कर दिया गया जिनमें से एक की रास्ते में ही मौत हो गई जबकि दूसरे घायल ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों के इस्तीफे पर आज ही निर्णय लेने को कहा है पीठ में न्यायमुर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमुर्ति अनिरूद्व घोष शामिल हैं

इस कदम से प्रसारण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की संभावना है इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और आई आई टी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर उपस्थित थे अनुसंधान में सहयोग के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें मोबाइल फोन के जरिये सीधा प्रसारण फाइव जी का कन्वर्जेन्स और आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस विकास केन्द्र बनाना भी शामिल हैं

पिछले दो दिनों से राज्य में एक दो स्थानों पर ही बूंदाबांदी के अलावा पूरा प्रदेश बारिश को तरस रहा है